आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर गांधीजी के उस कथन के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश को आगे बढने से रोकता है

नए संक्रमितों की पहचान होने से अधिक संख्या में पुराने मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा

इनमें रामगढ़ के चार बोकारो पूर्वी सिंहभूम व कोडरमा के दो दो तथा लोहरदगा पलामू और रांची के एक एक मरीज शामिल हैं

देश कोविड देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पचासी हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बावन लाख तिहतर हजार से अधिक हो गई है लगातार स्वस्थ होने की बढ रही दर से कोविड रोगियों की संख्या में कमी आई है छियासी हजार आठ सौ इक्कीस नये मरीजों के साथ देश में संक्रमित मामलों की संख्या तिरसठ लाख से अधिक हो गई है वर्तमान में नौ लाख चालीस हजार लोगों का इलाज चल रहा है केन्द्र सरकार द्वारा गई रणनीति टेस्ट ट्रैक और ट्रीट से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढी है और मृत्यू दर में कमी आई है इस समय मृत्यु दर एक दशमलव पांच छह प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार एक सौ संतानबे लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढकर अंठानबे हजार छह सौ अठहत्तर हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों से पांच गुणा अधिक जांच की जा रही है वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौदह लाख तेईस हजार से अधिक जांच की गई अब तक सात करोड छप्पन लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है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

दुमका और बेरमो के उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है उन्होंने ये बातें रांची आने के कम में बुंडू में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह में कहा इस मौके पर श्री दास ने कहा कि जिस तरह भारत की आत्मा गांवों में बसती है उसी तरह झारखंड की आत्मा भी गांवों में ही बसती है श्री दास ने कहा कि कृषि कानून पर कॉंग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं जबकि इस कानून से किसानों को लाभ होगा और वे अपनी ऊपज को किसी भी राज्यों में बेहतर दामों में अपनी स्वेच्छा से बेच सकेंगे केंद्र सरकार पहली बार किसानों के लिए इस तरह का प्रावधान करने जा रही है जबकि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं

हालांकि अंतरराष्ट्रीय माल वाहक उड़ान और सरकार द्वारा मंजूर की गई यात्री उड़ाने जारी रहेंगी डीजीसीए ने कहा है कि मामले के आधार पर चयनित मार्गो पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को मौजूदा नियमों के तहत मंजूरी नहीं दी गई है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

इक्तीस मार्च दो हजार उन्नीस को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर तीस सितंबर की गई थी आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है

गंभीर स्थिति को देखते हुए कल उनको एक यूनिट बी पॉजिटिव ग्रप का प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था आलमगीर आलम राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि रक्तदान से बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी ब्लड की कमी को लेकर विशेष अभियान चलाने जा रही है इसका उद्देश्य प्रदेश में जो एक लाख यूनिट ब्लड की कमी है उसको दूर किया जा सके मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार रक्तदान शिविर लगाने के लिए राशि भी अधिक से अधिक देने जा रही है बोकारो रेड क्रॉस भवन में हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भाग लिया उन्होंने रक्तदान कर रहे किशोरियों युवाओं और लोगों का हौसला अफजाई की

इस फैक्ट्री के बंद होने से वहां कार्यरत करीब दो सौ महिलाएं बेरोजगार हो गई है बेरोजगार हो चुकी महिलाएं आज हजारीबाग जिला मुख्यालय पहुंची उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद से मिलकर फैक्ट्री को पुनः चालू करवाने की मांग की महिला कर्मचारियों ने कहा कि वहां करीब दो सौ से अधिक महिलाएं शर्ट पैंट सहित कई अन्य वस्त्र के निर्माण में लगी है लेकिन ग्रामीणों के आंदोलन के कारण उनकी फैक्ट्री बंद हो गयी है ऐसे में उन लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या हो गई है उपायुक्त से मिलकर महिलाओ ने फैक्ट्री खुलवाने की मांग की है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर सरकार की स्वस्थ वृद्धावस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया हर वर्ष एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध लोगों के अपने परिवार समुदाय और समाज के प्रति किए गए योगदान को मान्यता देने और वृद्धावस्था के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की घोषणा की थी दुष्कर्म पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने पांचों आरोपियों को जेल र्भेज दिया तांतनगर थाना क्षेत्र के तुंईबना गांव में छब्बीस सितंबर को युवती फुटबॉल मैच देखने आई थी

इसके बाद चाईबासा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर पांडेय ने सक्रियता दिखाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार पांचों आरोपियों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है

कल से दोपहर बाद गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है इससे दिन में हल्की बारिश हो सकती है इसके साथ ही देवघर धनबाद दुमका गिरिडीह गोड्डा जामताड़ा पाक्ड़ साहेबगंज पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम में भी बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही वहीं राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई

पूर्वान्मान में बताया गया हैं कि राजधानी रांची समेत आसपास के इलाके में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे